यह चरण सत्रह मई तक चलेगा

तैंतीस अन्य जिलों में दी गयी मामूली छूट प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के छत्तीस नये मरीज

कोविड उन्नीस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से प्रभावी हो गया है गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने कई छूट के साथ और खतरे तथा जोखिम के आधार पर वर्गीकरण करते हुए सत्रह मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के जिलों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है प्रत्येक जोन के लिए अलग अलग दिशानिर्देश जारी किए हैं

उन्होंने कहा कि सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भारत चरणबद्व तरीके से लॉकडाउन से बाहर आ रहा है जहां अधिक से अधिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार लोगों का जीवन बचाने और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के प्रति वचनबद्ध है प्रदेश में आज से शुरू हो रहे लॉकडाउन का तीसरा चरण सख्ती से लागू किया जायेगा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने दिशा निर्देश जारी करते हुये कहा कि राज्य में कोई ग्रीन जोन नहीं होगा प्रदेश के पांच जिले पटना मुंगेर रोहतास गया और बक्सर रेड जोन में हैं बाकि सभी तैंतीस जिले ऑरेंज जोन में है अपर मुख्य सचिव ने बताया कि रेड जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खूलेंगी जबकि ऑरेंज जोन में आवश्यक वस्त्ओं के द्कानों के अलावा स्पा और सैलून की दुकानें भी खुल सकेंगी इसके साथ ही ऑरेंज जोन में सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स सभी प्रकार के निर्माण कार्य और सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन हो सकेगा श्री सुबहानी ने कहा कि राज्य के नये क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार और अगले कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों के बड़ी संख्या में आने मद्देनजर यह निर्देश दिया गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के छत्तीस नये मरीजों की पहचान की गयी है इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ सत्रह हो गयी है शिवहर जिले में भी महामारी ने पैर पसार लिया है इसके बाद संक्रमण वाले जिलों की संख्या बढ़कर इकतीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुंगेर में सात भागलपुर में छह पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद में पांच पांच पूर्वी चंपारण में चार बक्सर में तीन तथा अरवल कटिहार कैमूर शिवहर सारण और सीवान में एक एक मामले सामने आये हैं वहीं राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या एक सौ उन्नीस हो गई है सबसे अधिक उनतीस लोग नालंदा जिले में ठीक हुए सिवान से पच्चीस और मुंगेर के इक्कीस रोगी ठीक हुए हैं अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण से चार लोगों की मौत हुई है इधर स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि राज्य में अब तक कोविड उन्नीस मामलों के छब्बीस हजार नौ सौ इक्यावन नमूनों की जांच की जा चुकी है देश में कोविड उन्नीस की पूष्टि वाले मामलों की संख्या बढ़कर बयालीस हजार पांच सौ तैंतीस हो गई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल मामलों में से ग्यारह हजार सात सौ सात रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई हैं इस महामारी से अब तक एक हजार तीन सौ तिहत्तर व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी हैं इस समय देश में कोरोना वायरस से संक्रमित उनतीस हजार से अधिक रोगियों का इलाज हो रहा हैं प्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों और छात्रों को लेकर चार ट्रेनं आज बिहार पहुंच रही है इनमें केरल के तिरूर और एर्णाकुलम से एक एक ट्रेने पटना के दानापुर स्टेशन पहुंचेगी इसके अलावा राजस्थान के कोटा से दो ट्रेने आज गया और बरौनी स्टेशन पहुंचेगी रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दानापुर स्टेशन पर उतरने पर सभी लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद विशेष बस से विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा हर जिलों के लिए अलग अलग बस की व्यवस्था की गई है बरौनी स्टेशन पर छात्रों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि सभी की स्वास्थ्य जांच की जा रही है संवाददाताओं से बातचीत में कोटा से बरौनी जंक्शन पहुंचे विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किये

विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर अभी प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाडियां राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं राज्य सरकार लॉकडाउन के अवधि में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करेगी इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को निर्देश जारी कर दिये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में संबंधित व्यक्ति का गृह जिला परिवार के सदस्यों का व्योरा और मोबाईल नम्बर की सूचना दर्ज होंगी

इसका पता है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट कोविड नाइनटीन डाट बिहार डाट जी ओ वी डाट इन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राशन कार्ड से वंचित परिवारों को प्रति परिवार एक एक हजार रूपये के साथ साथ शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि बाहर से आ रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग करायी जाये और जिनमें लक्षण मिले हैं उनकी तुरंत जांच करायी जाये साथ ही सभी प्रखंड और पंचायत स्तरीय स्कूल क्वारेंटाइन सेन्टरों पर भोजन आवास चिकित्सीय सुविधा समेत अन्य सुविधाओं की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर लागू होगी यानी वे जो लॉकडाउन से पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है उन लोगों के लिए नहीं जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृह नगर जाना चाहते हैं गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का उपयोग पूर्णबंदी की विस्तारित अवधि में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जा रहे वाहनों की आवाजाही से संबंधित मुद्दो और शिकायतों के समाधान के लिए किया जायेगा वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर अपनी शिकायत एक नौ तीस शून्य पर दर्ज करा सकते हैं इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हेल्पलाइन नम्बर एक शून्य तीन तीन पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं

अब तक राज्य में अफवाह फैलाने वालों पर एक सौ पचास मामले दर्ज किये गये हैं और पचासी लोगों को गिरफ्तार किया गया है इधर लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने अब तक पचपन हजार ज्यादा गाड़िया जब्त की है वहीं बारह करोड़ रूपये से ज्यादा जुर्माना राशि वसूला गया है प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों ने पिछले महीने बावन करोड रूपये की रिकॉर्ड बिक्री की देशभर में इससे लोगों को लगभग तीन सौ करोड़ रूपये का फायदा हुआ है क्योंकि जनऔषधि केंद्र की दवाई औसत बाजार मूल्य से पाचस से नब्बे प्रतिशत सस्ती हैं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 आकाशवाणी से बातचीत में प्रदेश के लाभार्थियों ने मदद के लिए सरकार का आभार जताया है

इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात और ओले गिरने की भी आशंका है इधर राजनधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम में बड़ा परिवर्तन हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में प्रदेश के पश्चिमी भागों समेत अधिकतर क्षेत्रों में पचास से साठ किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलेगी और कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से घरो में रहने की अपील की है राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा में फसलों की हुई क्षति की भरपाई के लिए पांच सौ अठहत्तर करोड़ बयालीस लाख रूपये जारी किया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान राज्य फसल सहायता योजना के तहत तीन लाख चौवालीस हजार किसानों को खरीफ मौसम दो हजार उन्नीस के दौरान उपज में हुई कमी के लिए दो सौ सैंतालीस करोड़ रूपये का भूगतान किया जा रहा है मुजफ्फरपुर जिले के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक और बच्चे में संदिग्ध दिमागी ब्रखार एईएस की प्रष्टि हुई है अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही ने बताया कि अभी आठ बच्चों को इलाज किया जा रहा है इनमें एक मोतिहारी और सात मुजफ्फरपुर से हैं एईएस से अब तक तीन बच्चों की मौत हो चुकी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने आज से शुरू लॉकडाउन की तीसरे चरण के खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार में सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन ही रहेंगे राजधानीवासियों को पूर्व में दी गयी रियायतों से ही काम चलाना पड़ेगा प्रभात खबर ने इसी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है बिहार में ग्रीन जोन नहीं पांच को छोड़ सभी जिले ऑरेंज जोन में दैनिक भास्कर की सुर्खी है केन्द्रीय गृह मंत्रालय की नई गाईडलाईन से बिहार के अठाईस लाख प्रवासियों की घर वापसी हो गई मुश्किल दैनिक जागरण का शीर्षक है प्रदेश में आने वाले प्रत्येक प्रवासी का होगा राजिस्ट्रेशन दैनिक आज की सुर्खी है कोरोना योद्वाओं पर हुई फूलों की वर्षा और अब अंत में मुख्य समाचार आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू यह चरण सत्रह मई तक चलेगा

तैंतीस अन्य जिलों में दी गयी मामूली छूट प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के छत्तीस नये मरीज